अंतर्राष्ट्रीय म्द्रा कोष के म्ख्य अर्थशास्त्री मॉरिस ऑबफेल्ड ने कहा है कि गत चार सालों में भारत का विकास उल्लेखनी रहा है उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के तहत भारत में वास्तव में कई मूल सुधार लागू ह्ये है जिनमें जीएसटी और दिवालिया संहिता आदि शामिल है

उन्होने कहा कि जोखिमों को देखते हए स्धार प्रक्रिया को जारी रखना बहत जरूरी है यद्यपि यहां च्नाव का माहौल है उन्होंने कहा कि पिछले क्छ सालों से गैर बैकिंग व्यवस्था का जोखिम भी है जिसे आम तौर पर शैडो बैकिंग कहा जाता है भारत में घाटे वाली बुनियादी परियोजनाओं से जुड़े निगमित ऋण बैकिंग व्यवस्था को प्रभावित करते है लेकिन सरकार बैकिंग व्यवस्था की बेहतर निगरानी कर रही है

वित्तीय दवाब से निपटने के लिए इस ओर ध्यान दिया जा रहा है जो एक अच्छा संकेत है

उन्होंने कहा कि वे निजी कारणो से अपना पद तुरंत प्रभाव से छोड़ रहे है उन्होंने कहा कि कई सालों तक विभिन्न पदों पर भारतीय रिज़र्व बैंक की सेवा करके वे सम्मानित महसूस करते है उन्होंने रिज़र्व बैंक के अधिकारियों कर्मचारियों और प्रबंधकों का हाल के वर्षो के दौरान विभिन्न मौकों पर सहयोग के लिये धन्यवाद किया है उन्होंने आरबीआई केन्द्रीय बोर्ड के निदेशकों का भी सहयोग के लिए आभार जताया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा है कि देश के विकास तथा लोगों से संमद्व मुद्दों पर संसद के शीतकालीन सत्र में विचार विमर्श होना चाहिए

केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और अरूण जेटली कांग्रेस नेता ग्लाम नबी आजाद आनन्द शर्मा और मल्लिकार्ज्न खड़गे समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव तथा प्रोफेसर राम गोपाल यादव सीपीआई नेता डी राजा तुणमुल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय तथा अन्य नेता बैठक में शामिल हये

लोकसभा अध्यक्ष स्मित्रा महाजन निचले सदन की बैठकों का स्चारू संचालन के लिए कल विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से मिलेंगी

यह जानकारी देते हये डीएसपी रवीन्द्र तोमर व सीआईए सिरसा प्रभारी इंसपैक्टर दलेराम ने बताया कि पकड़े गये य्वकों की पहचान बणी निवासी सूबे सिंह बाहिया के धर्मवीर और कंगनप्र के विनोद के रूप में ह्ई है पुलिस ने इनसे सप्लायर का नाम पता लेकर कर उसकी जांच भी शरू कर दी है प्रांरभिक पृछताछ में उन्होंने बताया कि ये दिल्ली से हेरोइन ले कर आये है ग्रूग्राम जिला प्रशासन ने रायसीना इलाके में फार्म हाउस के सैकड़ो पेड़ो की कटाई के मामले का संज्ञान लेते हए जांच के आदेश दिये है

एक सरकारी प्रवक्ता ने आज चंडीगढ़ में बताया कि आज जींद में इस राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण को लेकर उन किसानों के साथ बैठक की गई जिनकी जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतू अधिग्रहित की गई है बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों एवं जींद के डीसी अमित खत्री ने बताया कि जिन किसानों की जमीन इस परियोजना के लिए अधिग्रहण की गई है उन्हें सरकार की नई अधिग्रहण नीति के तहत मुआवजा राशि दी जाएगी उन्होंने किसानों द्वारा प्रछे गए सवालों का स्पष्ट जवाब देते हुए कहा कि जो जमीन अधिग्रहण की गई है अगर उस जमीन पर कोई मकान पेड़ टयूबवैल कोठे व अन्य कोई निजी संपत्ति मौजूद है और वह प्रभावित होती है तो उस जमीन मालिक को इनका भी मुआवजा दिया जाएगा

हरियाणा में हो रहे पांच नगर निगमों के चुनाव के लिये प्रशासन ने प्री तैयारी कर ली है हिसार मे आज च्नाव से ज्ड़े कर्मचारियों की अंतिम रिहर्सल करवाई गई

जिला प्लिस अधीक्षक शिव चरण शर्मा ने बताया कि स्रक्षा के मद्देनज़र शहर में प्लिस के एक हजार अतिरिक्त जवान तैनात होंगे और चालीस प्लिस वाहन मतदान के दौरान गश्त करेंगे

म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने आज करनाल में उम्मीदवारों के पक्षमें कार्यकताओं से चर्चा की मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि करनाल में सभी विपक्षी पार्टियो ने एक उम्मीदवार को समर्थन दिया है जिनका लाभ भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा उधर इंडियन नैशनल लोकदल ने भी नगर निगम च्नावों में अपने उम्मीदवारों के प्रचार के लिये प्रभारी निय्क्त किये है नेता विपक्ष अभय सिंह चौटाला ने बताया कि इनैलो प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा करनाल और यम्नानगर के च्नाव प्रभारी होंगे करनाल नगर निगम में इनैलो और बसपा के सांझे प्रत्याशी आशा मनोज वधवा के लिए कैथल व क्रूक्षेत्र के पूर्व विधायक प्रचार करेंगे जबकि पंचक्ला अम्बाला की कार्यकारिणी यम्नानगर में बसपा प्रत्याशी संदीप गोयल के लिए प्रचार करेगी कलेसर नैशनल पार्क में लेपर्ड कैट व पाढ़ा हिरण देखे गये है प्राप्त जानकारी के अन्सार नैशनल पार्क में वन्य जीवों की संख्या गणना व गतिविधियों का पता लगाने के लिए विभाग दवारा चालीस कैमरे लगाये गये है जिनमें इन जानवरों की तस्वीरे कैद हुई है वन्य प्राणी विभाग के निदेशक राजेश चाहल के अन्सार ये जानवार पहाड़ो की उंची चोटियो पर पाये जाते है पार्क जंगल में इस समय आधा दर्जन हाथी सांभर चीतललेपर्डलाल मुर्गे अजगर तीतर आदि भी है